पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार बारह रोगी स्वस्थ हए इसके साथ ही देश में अब तक दो लाख इकहत्तर हजार छह सौ सत्तानवे रोगी ठीक हए हैं वर्तमान में एक लाख छियासी हजार पांच सौ चौदह मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कुल सोलह हजार नौ सौ बाईस लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कल संख्या चार लाख तिहत्तर हजार एक सौ पांच हो गई है देश में कोविड नाइन्टीन महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है एक दिन में इस संक्रमण से चार सौ अट्ठारह लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या चौदह हजार आठ सौ चौरानबे हो गई है प्रदेश सरकार ने कोविड के संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान के लिये चिकित्सा निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है और राज्य के प्रत्येक अटठावन हजार ग्राम पंचायतों में एक निगरानी दल तैनात किया है स्वास्थ्य विमाग के प्रधान सचिव अभित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द एक लाख मेडिकल टीमों का गठन करें जो कि हेत्थ स्क्रीनिंग के काम में लगाई जाएगी उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मेडिकल स्क्रीर्निंग टीमों की अहम भूमिका है और इसके सदस्यों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टीम के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए इसके साथ ही सभी सदस्यों के पास मास्क दस्ताने और सैनिटाइजर होना भी जरूरी है कल एक उच्चस्तरीय बैठक की अघ्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को कोविड अस्पताल में ही रखा जाना चाहिए और उनका लगातार परीक्षण किया जाए इसके साथ ही उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्यों को भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी दी जाए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंघान संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई बहत महत्वपूर्ण है नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण सीमित रहता है और बहत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है

पत्र सुचना कार्यालय ने आयुष मंत्रालय के हवाले से एक टवीट में कहा है कि किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी को डयूटी या सेवा से हटाया नहीं गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया श्री मोदी ने कहा कि पैंतालीस वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टवीट में कहा कि आपातकाल के दौरान गरीबों और वंचितों को प्रताडित किया गया लाखों लोगों के प्रयासों से देश से आपातकाल हटाया गया और लोकतंत्र की बहाली की गई सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीटर पर कहा कि पैंतालीस वर्ष पहले जिन्हॉने लोकतंत्र की हत्या की थी वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं ऐसी राजनीति काम नहीं आएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी मेज सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाये हये हैं कई स्थानों पर रूक रूक कर बारिश होने की भी खबर है अयोव्या में घने बादल छाये हये हैं और वर्षा का सिलसिला जारी है कशीनगर में कल रात से ही रूक रूक कर वर्षा हो रही है देवरिया जिले में भी तेज बारिश की सुचना है हमारे बलिया प्रतिनिधि के अनुसार वहां गरज चमक के साथ बारिश हो रही है मऊ जिले में सुबह से रूक रूक कर हो रही बारिश से जन जीवन प्रमावित हो गया है गोरखपुर महराजगंज संतकबीरनगर बस्ती और सिद्वार्थनगर में भी आसमान में घने बादल छाये हये हैं और रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विमाग ने अगले तीन दिन तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है क्छ स्थानों पर भारी वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है